् ऑल इंडिया लॉ एन्ट्रेंस टेस्ट के नतीजों में जयपुर के सौम्य पहले स्थान पर

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की अध्यक्षता में आज जयपुर में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यप्रभारी अविनाश पांडे सहित कार्यसमिति को अन्य सदस्य शामिल होंगे बैठक में हाल ही में लोकसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मुलाकात की श्री मोदी पूर्व राष्ट्रपति के निवास पर गये और उनकी कुशलक्षेम पूछी पूर्व राष्ट्रपति ने दूसरे कार्यकाल में श्री मोदी को उनके नये विजन के लिए शुभकामनाए दी

नरेन्द्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने पर नई दिल्ली में वॉल ऑफ ग्रीटिंग्स का आयोजन किया गया

राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा है कि अनपढ व्यक्तियों को ड्राइविंग लाईसेंस जारी नहीं किया जा सकता

न्यायालय ने कहा कि ऐसे लोग शहर और हाईवे पर आमजन की सुरक्षा के लिये लगे सड़क संकेत और चेतावनी नोटिस नहीं समझ सकते

अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र में हुए सामुहिक दुष्कर्म के मामले में अनुसूचित जाति और जनजाति मामलों के विशिष्ट न्यायालय में एक आरोपी के पिता द्वारा उसके पुत्र के नाबालिग होने का दावा करने पर कल स्कूल के प्रिंसीपल उसकी जन्म तिथि संबंधी रिकॉर्ड लेकर पेश हए नाबालिग की उम्र को लेकर उसके पिता के बयान दर्ज होने के बाद तथ्यों की जाँच और उस पर बहस हुई इस पर न्यायालय ने फैसला कल तक के लिये सुरक्षित रख लिया चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सोनोग्राफी केन्द्रों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिये हैं डॉ शर्मा ने कल जयप्र में आयोजित राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक में एक्ट को और प्रभावी बनाने के लिये मोबाइल एप बनाने के निर्देश दिये इस पर शिकायतकर्ता ऑनलाईन फोटो और वीडियो के साथ शिकायत दर्ज करा सकेंगे

प्रदेश में हर साल एक हजार हदृय रोगियों को मुफ्त उपचार सेवाएं दी जायेंगी इसके लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने ग्जरात की एक निर्जी संस्था के साथ दो साल का समझौता किया है

कल घोषित किये गये परिणामों में सिरोही के हर्ष सेठी तीसरे स्थान पर रहे दूसरा स्थान केरल की मरियम मयन ने हासिल किया है शीर्ष दस में चार लडकियों ने जगह बनाई है प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शतप्रतिशत नामांकन वाले संस्था प्रधानों को प्रोत्साहित किया जाएगा शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि सरकारी स्कूल गुणवत्ता की दृष्टि से देश के बेहतरीन स्कूल बनें श्री डोटासरा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रवेश देने के साथ ही उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भी सतत प्रयास किए जा रहे हैं इसी कारण प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम बेहतरीन रहा है

उनकी पार्थिव देह आज दोपहर तक भरतपुर पहुंचने की संभावना है सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार डॉ नीरज के पवन ने कहा कि भूमि विकास बैंकों में हुए अनियमित ऋण वितरण और वसूली के प्रति उदासीनता को अत्यन्त गम्भीरतो से लिया जाएगा और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी उन्होंने कहा कि नये ऋणों का अवधिपार होना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

यहां से दिल्ली और जयपुर के लिए उड़ानें संचालित की जा रही है